कहा प्री द्वनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान भारत इस सोच के विरूद्व बन रहा है प्रखर आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के साथ मनाई दीपावली कहा राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध देश में कोरोना से मुक्त होने की दर हुई तिरान्नबे प्रतिशत से अधिक प्रदेश भर में आज श्रद्वा भक्ति के साथ मनाया जा है दीपावली महापर्व का चौथा पर्व अन्नकूट

इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षाबल के जवानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने देश की जनताकी तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आयाहूं आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं

मैं आज उन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दीपावलीकी हार्दिक सुमकामनाएं देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं जिनके अपने वेटे होया वेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं वे भी परिवार के सभी लोग भी अभिनंदनके अधिकारी हैं श्री मोदी ने कहा कि लोगोवालापोस्ट के सैनिकों ने अपने साहस पराक्रम और बलिदान से इस पोस्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया है इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाधा लिख दी हैजो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है लॉगेवाला का नाम लेते ही हृदय कीगहराई से मन मंदिर से यही प्रकट होता है जो बोले सोनिहाल सत् श्री अकाल ये जयकाराकानों में गूंजने लगता है साधियों जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ाजाएगा जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी तो बैटल ऑफ लोगेवाला को जरूर याद किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड जवाब दिया था श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घुस कर मारता है जब भी जरूरत पढ़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पासताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है आज भारत आतंकियों कोआतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है आज दुनिया ये जान रही है समझ रही है किये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्तीमर भी समझौता करने वाला नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है जिससे दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि विवादों की परवाहनहीं करते हुए उन्हें जवानों के साथ दीपावली मनाना पसंद है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया सेना के इस एकनिर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी श्रीमोदी ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए आगे आए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता से अपनी बात रखता है आज प्ररा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है

इस सोव के खिलाफ़मी भारत प्रखर आवाज बन रहा है साथियो आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफ़्रेंस सेक्टरको आत्मनिर्मर बनाने की तरफ बहुत तेजी के कदम उगा रहा है आगे बढ़ रहा है

भास्त में ही उत्पादकी हुई चीजें ही लेंगे प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जाबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकीहर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है

लोगों ने अपने घरो में दीप जलाए एवं मॉ पार्वती भगवान शिव श्रीगणेश मॉ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीप पर्व पर मंदिरों में सीता के स्वरूप में लक्ष्मी पजा के साथ साथ भगवान राम और चारों भाइयों की पजा अर्चना की गयी ब्रजमंडल में दीपावली पर्व की चारों तरफ धूम रही भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में विशेष आस्था के साथ गर्भगृह में हजारों दीप प्रज्वलित किये गये वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वनटांगिया गांव में वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ दीपावली मनाई इस अवसर पर उन्होंने कहा प्रदेश सरकार सभी वर्गो के सर्वागीण विकास के लिए प्रतिबद्द है श्री योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के द्वार तक विकास ले जाने के लिए सभी उपाय कर रही है इस अवसर पर श्री योगी ने वनटांगिया गांव के विकास के लिये करीब छाछठ लाख रूपये की नौ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया

क्ल संक्रमित लोगों में से अब केवल पांच दशमलव चार आठ प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है

सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है देश में इस समय कोरोना मृत्यु दर सिर्फ एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है दीपावली महापर्व का चौथा महत्वपूर्ण पर्व अन्नकूट है राम नगरी अयोध्या में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पर्व पर आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है चौदह वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थियों में रहे भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपावली मनाने के दूसरे दिन छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की प्राचीन परंपरा है सम्पूर्ण कायर्क्रम में कोरोना से सम्बंधित प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन किये जाने के निर्देश दिए गए हैं और विवरण हमारे अयोध्या प्रतिनिधि से लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम और माता सीता सहित चारों भाइयों का स्वागत कल अयोध्या वासियों ने जगमग दीवाली के साथ किया और खुशियाँ मानायी और चौदह वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थियों में रहे भगवान राम को आज ष्ठपन प्रकार के व्यंजनों का भोग तगाँकर उन्हें तृत करने के लिए सुबह से ही कनक भवन हनुमान बागमणिराम दास घावनीराम्बल्मा कुअपझनकी घाट और सदगुर सदन सहित समी मंदिरों में छपन प्रकार के व्यंजन बनाये जा रहे हैं जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुवासित हो उता है दोपहर में भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जायेगा द्व अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के बेत्रों से आये श्रद्धालु पांकि बद्ध देखे जाते हैं

ब्रज मे गोवेर्धन पूजा का अपना एक अलग ही महत्त्व है भगवान क्रष्ण ने इन्द्र का मान मर्दन करते हए गोवेर्धन पर्वत को अपनी ऊँगली पर उठाया था तभी से ब्रज मे गोवेर्धन पूजा बड़े हर्षौल्लास के साथ मनाई जाती है हमारे मथुरा प्रतिनिधि की रिपोर्ट मंखुरा बज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवेर्घन मे गोवेर्घन पूजा आज मनाई जा रही है

जगह जगह आयोजनों में श्रद्धा का सैताब उमड़ रहा है